स्वास्थ्य मंत्रालय में विशेष सचिव संजीव कुमार ने कहा कि आज स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने कोविड नाइन्टीन पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता की जिसमें सभी राज्यों के अस्पतालों रेलवे रक्षा अर्द्ध सैनिक बलों के स्वास्थ्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया श्री संजीव कुमार ने कहा कि विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों की हवाई अड्डों पर अनिवार्य स्क्रीनिंग की जा रही है कोरोना वायरस की जांच नौ और हवाई अड्डों पर शुरू की गई है अब तीस हवाई अड्डों पर कोरोना संक्रमण की जांच की जाएगी उन्होंने बताया कि देश में एक और व्यक्ति में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद अब इसकी संख्या इकतीस हो गई है इस व्यक्ति ने हाल ही में थाईलैंड और मलेशिया की यात्रा की थी संजीव कुमार ने बताया उसे अस्पताल में अलग रखा गया है और उसकी हालत स्थिर है केन्द्र सरकार ने राज्यों को कोविड नाइन्टीन पर नियंत्रण होने तक सामूहिक आयोजनों से बचने की सलाह दी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ऐसी किसी भी स्थिति में राज्य आयोजकों को पर्याप्त सतर्कता और ऐहतियाती उपाय बरतने को कहें मंत्रालय ने कहा कि विशेषज्ञों ने इस संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए भीड़भाड़ से बचने का परामर्श दिया है विशेषज्ञों के अनुसार कुछ आसान उपाय कर के कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ख्याल रखने और बार बार साबुन से हाथ धोते रहने का परामर्श दिया गया है जब भी हाथ गंदे दिखें तो लोगों को उन्हें साबुन से बहते पानी से घोना चाहिए

लोगों को खांसते और छींकते समय मुंह को टीश्यू पेपर या रूमाल से ढक लेना चाहिए लोगों को सार्वजनिक जगहों पर न थूकने की सलाह दी गई है और किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क से दूर रहने का परामर्श दिया गया है जिसको खांसी या बुखार हो इसके अंतिरिक्त लोगों को जानवरों के सम्पर्क में न आने की भी सलाह दी गयी है उन्हें कच्चे या अधपके मांस के इस्तेमाल से भी बचने को कहा गया है

दिल्ली हिंसा पर तुरन्त चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही आज पांचवे दिन भी स्थगित करनी पड़ी सदन की बैठक शुरू होते ही कुछ विपक्षी सदस्यों ने सदन के बीचोंबीच आकर नारे लगाने शुरू कर दिए शोर शराबा नहीं रुकने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी सभापति ने चेतावनी दी कि नारे असंसदीय और शर्मनाक हैं उन्होंने इन सदस्यों के नाम दर्ज करने की चेतावनी दी लोकसभा में शोर शराबे के बीच चर्चा हुये बिना दो विधेयक पारित किए जाने के बाद सदन की कार्यवाही ग्यारह मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई राजधानी लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पिछले वर्ष उन्नीस दिसम्बर को हिंसा करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के नाम जिला प्रशासन ने सार्वजनिक किए हैं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 इसके अलावा प्रशासन ने हिंसा में शामिल आरोपियों की तस्वीरें उनके इलाकों और मुहल्लों में लगाने का भी फैंसला किया है प्रशासन ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामलों में अब तक करीब डेढ़ करोड़ रुपये की वसूली जमा कराने के लिए आदेश जारी किए हैं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 पिछले वर्ष उन्नीस दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शहर में हिंसक प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थीं अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में आज साधु संतों ने होली खेलकर रंगभरी एकादशी का शुभारंभ किया साधुओं की टोली ने नाचते गाते हुए नगर के मंदिरों में जाकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेली साधु संतों ने आज अयोध्या की पंच कोसी परिक्रमा भी की आज रंगभरी एकादशी के साथ ही अक्व में होली खेलने की शुरुआत भी हो गई बलिया और जौनपुर में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में आज चार लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया बलिया के रसड़ा इलाके में आज एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गयी दुर्घटना संवरा पुलिस चौकी के पास हुई पुलिस के अनुसार मृतक युवक चितबड़ागांव क्षेत्र के अख्तियारपुर और फेफना क्षेत्र के दरामपुर गांव के रहने वाले थे दुर्घटना में वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है उधर जौनपुर के मुंगराबाद शाहपुर क्षेत्र के नरायनडीह गांव के पास हुई एक अन्य दुर्घटना में साइकिल से स्कूल जा रहे भाई बहन की ट्रक की चपेट में आने से मृत्यु हो गयी